शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने ऑनलाईन शिक्षा के लिए ऐलीमैन्ट्री हायर और वोकेशनल चैनल का किया शुभारम्भ सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिए जाने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार मंडी में बनेगा प्रदेश का पहला सरकारी क्षेत्र का मॉडल नशा मुक्ति व पुर्नवास केन्द्र

मुख्यमंत्री राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की एक बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियों के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए

बैठक में मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे प्रतिनिधिमण्डल इस बीच प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व हिमाचल लघु उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष रामकुमार शर्मा की अध्यक्षता में ऊना जिला के हरोली भाजपा मण्डल के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की प्रतिनिधिमण्डल ने हरोली क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज शिमला में ऑनलाईन शिक्षा के लिए एक निजी टीवी के तीन चैनलों ऐलीमैन्ट्री हायर और वोकेशनल चैनल का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन चैनलों के माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन शिक्षा की एक और सुविधा उपलब्ध हो गई है

सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को राज्य में रेहड़ी फड़ी वालों के लिए स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने और शिकायत निवारण समिति तैयार करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने इस वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं भारद्वाज ने चिन्हित रेहड़ी फड़ी वालों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों के गठन की आवश्यकता भी बताई

सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं सुखराम उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि औद्योगिकीकरण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रदेश का वातावरण उचित है ये बात आज उन्होंने शिमला स्थित बिजली बोर्ड के मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही सुखराम चौधरी ने बोर्ड के अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर कार्यो में तेजी लाने और उपभोक्ताओं की मुख्य समस्याओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए पठानिया वनमंत्री राकेश पठानिया ने आज हमीरपुर में कोरोना की स्थिति और इससे संबंधित विभिन्न प्रबंधों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने चिकित्सकों प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना संक्रमितों की कांउसलिंग करने के निर्देश दिए पठानिया ने कहा कि आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से नियमित रूप से बातचीत करने और हाल चाल प्रछने से उनका मनोबल बढ़ेगा सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने मण्डी सोलन व पालमपुर को नगर निगम बनाने के प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से अब इन शहरों के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा

सोलन नगर निगम सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिये जाने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है लागों के अनुसार नगर निगम बनने पर अब बजट में वृद्दि होने से सोलन के विकास कार्यो में तेजी आयेगी लोगों ने उम्मीद जताई कि अब उन्हें केन्द्र की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा

स्टेट मैंटल हैल्थ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय पाठक ने आज इसके लिए चयनित स्थल का निरीक्षण किया

आईएमपीसीसी केन्द्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाईयों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति आईएमपीसीसी की एक बैठक आज शिमला में आयोजित हुई

बैठक में सूचना व प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों के अलावा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों के एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया

दशहरा कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इस बार बहुत ही सूक्ष्म रूप में मनाया जा रहा है भगवान रघुनाथ के प्रथम सेवक व छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि दशहरा के दौरान प्रतिदिन भगवान नरसिंह की जलेब निकाली जाती है जिसमें अलग अलग स्थानों के देवी देवता भाग लेते हैं